पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की तबीयत बिगड़ी अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में किया गया भर्ती

भारत स्टेज फोर वाहन प्रदेश में आगामी एक अप्रैल से भारत स्टेज फोर वाहनों का पंजीयन नहीं किया जाएगा इस संबंध में परिवहन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने सभी क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वे अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत सभी वाहन डीलर्स को लिखित रूप से यह अवगत कराएं कि भारत स्टेज फोर वाहनों के पंजीयन के लिए सभी लंबित प्रकरण उनतीस फरवरी तक आवश्यक रूप से जमा करें जिससे वाहन विक्रेता द्वारा बेचे गए सभी भारत स्टेज फोर वाहनों का पंजीयन किया जा सके भाजपा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तारीख पंद्रह दिन आगे बढ़ाए जाने की मांग को लेकर आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया दर्ग में आयोजित धरना प्रदर्शन में भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडेय शामिल हईं वहीं मुंगेली में पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया इसी तरह अन्य जिलों में भी भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया दूसरी ओर कांग्रेस ने भाजपा के इस धरना प्रदर्शन का विरोध किया है कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि प्रदर्शन से भाजपा का किसान विरोधी चरित्र उजागर हुआ है मुख्यमंत्री बेंगलुरू मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में धान और किसान एक दूसरे के पर्याय है इसलिए राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और पर्यावरण को बचाने के लिए नया आर्थिक मॉडल लागू किया है यह मॉडल गांधी जी की एक सौ पचासवीं जयंती पर शुरू किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन की चुनौती का भी मुकाबला करने के साथ साथ कृषि लागत में कमी लाने में सहायक है श्री बघेल बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने कृषि क्षेत्र के विकास और औद्योगिक विकास के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने और प्रदूषण रोकने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी के उपयोग को प्रोत्साहन देने की जरूरत बताई उन्होंने कहा कि यह मॉडल देश के लिए मिसाल है जहां ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि जीवनयापन का प्रमुख जरिया है अजीत जोगी तबीयत सरगुजा राजमाता स्वर्गीय देवेन्द्र कुमारी की तेरहवीं में शामिल होने आज अंबिकापुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की तबीयत अचानक बिगड़ गई श्रद्धांजलि सभा में पहुंचने के कुछ देर बाद ही वे अचेत हो गए श्री जोगी को अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया है इसके पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री जोगी से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली श्री बघेल ने डॉक्टरों को श्री जोगी के बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं श्री जोगी का हालचाल जानने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी अस्पताल पहुंचे

तेरहवीं कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए गौरतलब है कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की माता स्वर्गीय देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव का बीते दस फरवरी को निधन हो गया था राष्ट्रीय कृषि मेला राष्ट्रीय कृषि मेले का आयोजन कल से राजधानी रायपुर में किया जाएगा मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे फल सब्जी मंडी प्रांगण तुलसी बाराडेरा में पच्चीस फरवरी तक चलने वाले इस मेले में कृषि उपज से संबंधित विभिन्न सामानों उपकरणों और उन्नत किस्म के अनाजों तथा फल सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी यहां राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना का जीवंत प्रदर्शन किया जाएगा इसमें नरवा गरूवा घुरूवा और बाड़ी के मॉडल बनाए जाएंगे इसके अलावा मछली पशु और रेशम पालन सहित विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी तथा उन्नत कृषि के लिए विशेषज्ञों की परिचर्चा का भी आयोजन किया जाएगा यह प्रदर्शनी सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक आम लोगों और किसानों के लिए खुली रहेगी जिले की चिट्ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा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 इस बार के अंक में बलौदाबाजार जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी प्रधानमंत्री मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल रविवार को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह बासठवीं कड़ी है यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्कों पर और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा इसका आकाशवाणी तथा दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यू टयूब चैनलों पर सीधा प्रसारण होगा हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद इसका आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण होगा प्रादेशिक भाषाओं में रात आठ बजे इसे दोबारा सुना जा सकता है माघी पुन्नी मेला समापन छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहे जाने वाले राजिम में महानदी सोंढूर और पैरी नदी के त्रिवेणी संगम पर आयोजित माधी पुन्नी मेले का कल महाशिवरात्रि के अवसर पर समापन हुआ समापन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत शामिल हुए इस मौके पर डॉक्टर महंत ने कहा कि राजिम ने अनेक विभूतियों को जन्म दिया है मेले में साधु संतों का आगमन होने से आत्मिक आनंद मिलता है समारोह में संस्कृति मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद थे कुमि मुक्ति दिवस राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर परसों चौबीस फरवरी को प्रदेश में लगभग एक करोड़ चौदह लाख बच्चों और किशोरों को एल्बेंडाजॉल की गोली खिलाई जाएगी इनमें निजी स्कूलों के सत्रह लाख चौव्वन हजार और स्कूली न जाने वाले पच्चीस लाख बावन हजार बच्चे शामिल हैं सभी स्कूलों और आंगनबाड़ियों में एक से लेकर उन्नीस वर्ष तक के बच्चों को यह दवा खिलाई जाएगी जो बच्चे चौबीस फरवरी को कृमिनाशक दवा नहीं खा पाएंगे उनके लिए अट्ठाईस फरवरी को मॉप अप राउंड संचालित किया जाएगा एनटीपीसी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा किसानों के भूमि अधिग्रहण के बाद चार सौ सत्ताईस लोगों को नौकरी दी जा चुकी है वहीं नियुक्ति के संबंध में आरक्षण प्रक्रिया को लेकर शासन से मार्गदर्शन मांगा गया है शेष रिक्त पदों पर जल्द भर्ती कर ली जाएगी एनटीपीसी के महाप्रबंधक पदम कुमार राजशेखरन ने बिलासपुर के सीपत में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि बिलासपुर के तापमान में हो रही वृद्धि के लिए एनटीपीसी के संयंत्र जिम्मेदार नहीं है इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग ही प्रमुख कारण है दुर्घटना राजनांदगांव जिले के मोहारा के पास शिवनाथ नदी के छोटे पुल में कार के अनियंत्रित होकर नदी में गिर जाने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य युवकों ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई इसी तरह बालोद जिले में दल्लीराजहरा डौंडी मार्ग पर झरन मंदिर मोड़ के पास ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई उधर रायगढ़ में ओडिशा मार्ग पर आईटी कॉलेज के पास ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया मौसम और अब पेश है मौसम का हाल प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव के आसार हैं मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक हिस्सों में ओलावृष्टि और भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है मौसम विभाग के मुताबिक तेईस से चौबीस फरवरी के बीच कोरिया बलरामपुर सरगुजा सूरजपुर जशपुर और उससे लगे छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है इसी तरह चौबीस से पच्चीस फरवरी के बीच बिलासपुर बलौदाबाजार जांजगीर चांपा महासमुंद और रायगढ़ जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है इधर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में तेज धूप और अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी होने से गर्मी भी महसूस की जाने लगी है संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में बीजापुर जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने सर्चिंग के दौरान दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है इनके पास से एक भरमार बंदूक डेटोनेटर और अन्य माओवादी सामग्री बरामद की गई है दुर्ग जिले में पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने आज छापामार कार्रवाई करते हुए दो वाहनों और गोदाम से करीब उनसठ टन चावल जब्त किया है कोरिया जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल अमृतधारा में अमृतधारा महोत्सव का आयोजन किया गया महोत्सव में भरतपुर सोनहत के विधायक गुलाब कमरो भी शामिल हुए जांजगीर चांपा जिले के मड़वा तेंदूभाटा स्थित फैक्ट्री में काम करने के दौरान एक ठेका श्रमिक की ऊंचाई से गिरने के कारण मौत हो गई